हरियाणा के बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग के सभी नकदी काउंटर बंद कर दिये गये है डिजीटल माध्यम में बिजली बिल के भुगतान पर दो प्रतिशत की छूट मिलेगी

विभाग ने बताया कि आज पोजिटिव पाया गया मामला पानीपत से है

उधर सिरसा में कोई भी पोजिटिव मामला सामने नहीं आया है

उधर चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि वायरस से संक्रमित मरीज़ो की गिनती अभी तक सात ही है

राज्यों के लिखे एक पत्र में केन्द्रीय गृहमंत्री सचिव अजय क्मार भल्ला ने कहा कि राज्यों को यह सलाह भी दी गई है कि वे छात्रों दूसरे राज्यों से काम करने वाली महिलाओं को मौजूदा रिहायश में ही रहना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये

हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह ने मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में पांच लाख रूपये देने और महामारी के रहने तक हर महीने अपना वेतन देने की घोषणा की है राज्य के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रॉकी मित्तल ने भी हरियाणा कोरोना राहत कोष मे एक लाख रूपये दिये है उन्होंने आज बैंक में जाकर यह राशि जमा करवाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परसो आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार सांझा करेंगे

हस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाश्वाणी डी डी न्यूज़ प्रधानमंत्री कार्यालय और सचूना व प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब् चैनलो पर किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्नः प्रसारण शाम आठ बजे से किया जायेगा

मुख्यसचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने आज चंडीगढ़ में हई संकट तालमेल समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हये यह निर्देश दिये और सम्बधित जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी को आंगनवाड़ी वर्करों को सूखा राशन पहंचाने के लिए पास जारी करने के लिए अधिकृत किया मुख्य संचिव ने बताया िक वित्त विभाग द्वारा जारी सभी नगर निकायों के लिए पांच सौ करोड़ रूपये जारी किये जा रहे है और उपायुक्तों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस राशि का प्रयोग केवल आवश्यक सेवाओं के रख रखाब हेतु की किया जाये

उन्होंने बताया कि उपाय्क्तों को सभी हैल्पलाइन नंबरों को रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन और ग्रामसरपंच आदि के भेजने के निर्देश दिये गये है ताकि लोग अवश्यक सेवायें ले सकें मुख्यसचिव ने कहा कि इस माह सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को एनओसी और सेवानिवृति बकाये के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे उनकी पेंशन और सेवानिवृति लाभ अपने आप उनके बैंक खाते में जाम करवा दिये जायेंगे मुख्यसचिव ने बतायाकि उपायुक्तों को खाद की दुकानों को ख्लवाने उनके भाव स्निश्चित करने और किसानों की फसल के नुकसान का निर्धारण करने के काम में लगाये गये बीमा कंपनियों के सर्वेक्षकों के आने जाने को सुनिश्चित किया जाये उन्होंने बताया कि पंजाब की सीमा से लगे जिलों में कम्बाईन हारवेस्टर की आवाजाही भी सुनिश्चित की जा रही है

हरियाणा के बिजली तथा जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे के चलते एक महीने के लिए बिजली विभाग के सभी नगद काउंटर बंद कर दिए गए हैं और एक महीने तक बिजली के बिल पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा

श्री रणजीत सिंह ने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हये बताया कि महामारी के चलते विभाग के सभी कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और विभाग के कर्मचारी सभी जगह बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपनी इयूटी दे रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश में कहीं भी ब्रेकडाउन में हो

प्रदेश में जहां कहीं भी ब्रेकडाउन होता है तो लोग उनको फोन कर सकते है

हरियाणा में तालाबंदी के दौरान खाय सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर भी हर संभव प्रयास किये जा रहे है

उपायुक्त आर एस वर्मा ने बताया कि इसके लिए द्कानदारों की सूची तैयार कर ली गई है

सिरसा में भी उपायुक्त रमेश चन्द्र बिढान द्वाराजिले के उद्योग पतियों सामाजिक व धार्मिक संसथाओं और अन्य दानवीरों से असहाय लोगों तक खाद्य सामग्री पहंचाने में योगदान देने की अपील की है

उधर आज भिवानी में भी पुलिस व सामाजिक संस्थाओं ने सराहानीय पहल करते हये राशन वितरण का काम श्रू किया है डी एस पी वीरेन्द्र सिंह ने आज सामाजिक संस्थाओं के स्वयं सेवकों के साथ अपनी टीम लेकर भीम नगर मे बनी झुग्गी झोपडी में पहंचकर राशन वितरित किया